मुख्यमंत्री ने कहा छात्रवृति घोटाले की जांच सीबीआई से करवाकर दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित प्रदेश में आपदा के समय प्रभावी संचार व्यवस्था के लिए सभी ज़िला मुख्यालयों को मिलेंगे सैटेलाईट फोन प्रश्नकाल प्रदेश सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने को लेकर शीघ्र ही नीति बनाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला और अरुण कुमार द्वारा पूछे गए एक संयुक्त सवाल के जवाब में ये जानकारी दी जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में इस समय करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के लिए कोई नीति नहीं है और उन लोगों को ये नौकरियां देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है जो आर्थिक तौर पर दयनीय स्थिति में हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अगले वित्त वर्ष में नीति बना दी जाएगी और इसमें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा इस सम्बंध में विधायक नंदलाल ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछा विधायक सुखराम चौधरी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है और सरकार इसमें सफल भी होगी उन्होंने कहा कि बद्दी के लिए रेल लाईन बिछाने के मामले में सोलन के उपायुक्त को नए भू अधिग्रहण कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने माना कि इन क्षेत्रों का रेल लाईन से जुड़ना जरूरी है क्योंकि यहां तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है

इससे सरकार के अच्छे अधिकारी व कर्मचारी हाथ से निकल रहे थे जिसका प्रदेश को नुकसान हो रहा था इसीलिए सरकार ने इस अधिसूचना को वापिस ले लिया कांग्रेस की आशा कुमारी के सवाल के जवाब में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत पेयजल योजनाओं के संवर्धन का कार्य नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता जारी न करने के कारण सिरे नहीं चढ़ पाया

महेन्द्र सिंह ने कहा कि अब इन योजनाओं को फंडिंग के लिए बाहरी वित्तीय एजेंसी को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही इस कार्य के लिए ताजा टेंडर जारी कर दिए जाएंगे

इस पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद ही इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने की बात सामने आई है उन्होंने कहा कि सरकार इस घोटाले की जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है

सिंचाई मंत्री ने अपने जवाब में मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि पेयजल व सिंचाई योजनाओं के आधे अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विभाग की मदद करें

इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विधायक रमेश ध्वाला सुरेश कश्यप राकेश पठानिया बलबीर वर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ने भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर अपने विचार रखे

विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए माकपा के राकेश सिंघा ने कहा कि जिस रूप में विधेयक को लाया गया है वह सदन की गरिमा के खिलाफ है उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक को गंभीरता से नहीं लाया गया और इसे घटिया तरीके से बनाया गया है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश सरकार शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है कांग्रेस के सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा नियामक प्राधिकरण की बैठकें हर तीन महीने बाद करने का सुझाव दिया जबकि जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस विधेयक का कोई औचित्य ही नहीं है उन्होंने भी इस विधेयक के माध्यम से शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ा उच्चतर शिक्षा परिषद पहले से बनी हुई है और सरकार इसे केवल संवैधानिक दर्जा दे रही है उन्होंने दावा किया कि सरकार ने विधेयक में पूरी पारदर्शिता रखी है बाद में सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया विधानसभा स्थगन प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र आज सम्पन्न हो गया और विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर राजीव बिंदल ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीतकालीन सत्र को सफल करार देते हुए कहा कि इस दौरान प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उन्होंने सत्र में सहयोग के लिए विपक्ष विधानसभा सचिवालय और अन्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों का आभार जताया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उनके दल ने प्रदेश की जनता के हित के मामलों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेहतर ढंग से विपक्ष की भूमिका निभा रही है मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि तपोवन में विधानसभा परिसर प्रदेश को जोड़े रखने का काम कर रहा है और सरकार को इसका अस्तित्व बनाए रखना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश हित के सर्वाधिक मुद्दे उठे और इस पर सार्थक चर्चा हुई उन्होंने सत्र में सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार भी जताया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला के तपोवन रिथत विधानसभा परिसर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पुर्ननिर्माण और पुर्नविकास की वैबसाईट का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिले के काजा और चंबा जिला के पांगी व भरमौर के लिए भी ऐसे सैटेलाईट फोन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सैटेलाईट फोन प्राकृतिक आपदा के समय राहत व पुर्नवास कार्यों में मददगार साबित होंगे उन्होंने बताया कि वैबसाईट में राहत व पुर्नवास मानदंडों से संबंधी सूचना दी गई है जो लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी इस बीच मुख्यमंत्री ने पुलिस लाईन धर्मशाला में सहायक केन्द्रीय पुलिस कैंटीन का शुभारंभ किया ये कैंटीन पुलिस विभाग द्वारा सेना कैंटीन की तर्ज पर चलाई जाएगी अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वां तटीकरण परियोजना भाजपा की देन है धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि ये परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का ड्रीम प्रोजेक्ट थी और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी शुरूआत की थी अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विकास पर रोक लगाने के आरोप भी लगाए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए करोड़ों रूपये की योजनाएं मंजूर की हैं